प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में आरोग्य मंथन के समापन कार्यक्रम की करेंगे अध्यक्षता

प्रदेश में ग्यारह विधानसभा सीटों के उप चुनाव के लिये नामांकन के कल आखिरी दिन तक एक सौ पचपन प्रत्याशियों ने पर्चे किए दाखिल तीन अक्टूबर तक लिये जा सकेंगे नाम वापस प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि आने वाले दौर के तीन महत्वपूर्ण स्तम्म हैं नवाचार प्रौद्योगिकी और टीम वर्क कल चेन्नई में आईआईटी मद्रास के दीक्षान्त समारोह को संबोधित करते हए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पांच ट्रिलियन डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बनना चाहता है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने में आईआईटी के विद्यार्थियों तथा युवाओं का योगदान विशेष महत्वपूर्ण है उन्होंने कहा कि हमने अनुसंधान और विकास के लिए मजबूत प्रणाली बनाने का काम किया है और आईआईटी मद्रास ने दो सौ स्टार्टअप स्थापित किये हैं जो गर्व की बात है तमिलनाडु की प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व की प्राचीनतम भाषा तमिल इसी राज्य की है और देश की नवीनतम भाषा आईआईटी मद्रास लिंगो भी यहीं की है अमेरिका के प्रवास में जब मैंने तमिल भाषा में कुछ बोला जब दुनिया को मैंने बताया कि दुनिया की प्राचीन भाषा है तो आज भी पूरे अमेरिका में तमिल भाषा की गुंज चल रही है प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों से कहा कि वे समस्याओं के समाधान के लिए उन्हें विभिन्न चरणों में बांट लें और सपने देखकर खुद से स्पर्घा बनाए रखें उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि उन्हें मातृभूमि की आवश्यकताओं को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए प्रधानमंत्री ने आईआईटी मद्रास के छप्पनवे दीक्षान्त समारोह में टॉपर्स को प्रमाणपत्र और पदक प्रदान किये इससे पहले प्रधानमंत्री ने आईआईटी मद्रास में दूसरे भारत सिंगापुर हैकेथॉन के पुरस्कार वितरण समारोह में भाग लिया उन्होंने कहा कि हैकेथॉन से विद्यार्थियों को वैश्विक समस्याओं के समाधान और नवाचार से जुड़े विचारों का पता चलता है उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए आसियान देशों के श्रेष्ठ विद्यार्थियों से स्पर्धा में आगे बढ़ने और नवाचार समाधान खोजने को कहा

ये हैकेथॉन तीन प्रमुख विषयों अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण बेहतर शिक्षा और किफायती तथा साफ ऊर्जा पर आयोजित किया गया था प्रधानमंत्री ने चेन्नई में कहा कि विश्व को भारत से बहत उम्मीदें हैं उन्हॉने कहा कि उनकी सरकार देश को महानता के रास्ते पर आगे ले जायेगी और यह पूरी दुनिया के लिए फायदे की बात होगी प्रधानमंत्री ने कहा कि एक बार इस्तेमाल किए जाने वाले प्लास्टिक के खिलाफ अभियान जारी रहेगा

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा दो दिनों का यह कार्यक्रम आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना के एक वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है प्रधानमंत्री श्री मोदी आज एक स्मारक डाक टिकट के विमोचन के साथ साथ आय्ष्मान भारत और आय्ष्मान भारत स्टार्टअप ग्रांड चैलेंज नाम के नये मोबाइल ऐप का शुभारंभ भी करेंगे वे आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना के चुनिंदा लाभार्थियों से भी बातचीत करेंगे आरोग्य मंथन का उद्देश्य पीएम जन आरोग्य योजना से जुड़े सभी महत्वपूर्ण पक्षों को एक साझा मंच प्रदान करना है ताकि वे इस योजना के अमल में आने वाली च्नौतियों के बारे में बातचीत कर सकें योजना के कार्यान्वयन में सुधार लाना भी इसका एक अहम उद्देश्य है केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि यह गर्व की बात है कि पिछले एक वर्ष में पचास लाख लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज का लाभ उठाया कल नई दिल्ली में आयुष्मान भारत आरोग्य मंथन के उद्घाटन सत्र को सम्बोधित करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि यह योजना न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में लोकप्रिय है

हापुड जिले के पिलखुवा में आयोजित उदघाटन समारोह में उन्होंने कहा कि जनवरी दो हजार बीस तक हर हाल में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे का काम पूरा कर लिया जाएगा बयासी किलोमीटर लंबे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे के तीसरे चरण में कुल बाईस किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया है यह राजमार्ग गाजियाबाद से हापुड को जोडता है कार्यक्रम में केंद्रीय सडक परिवहन एवं राजमार्ग राज्यमंत्री वी के सिंह और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी उपस्थित रहे इससे पहले श्री गडकरी ने गाजियाबाद में प्लास्टिक कचरे से बन रही एक सडक का भी हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया एक किलोमीटर लंबी इस सडक के निर्माण में तकरीबन एक दशमलव छह टन प्लास्टिक का उपयोग किया जाएगा

उन्होंने जल निकासी की तत्काल व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये कहा है मुख्यमंत्री ने अपने आदेश में कहा है कि बाढ़ से प्रभावित लोगों को तत्काल राहत सामग्री उपलब्ध कराई जाये और यह सुनिश्चित किया जाये कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में खाद्यान सामग्री की कोई कमी न होने पाये मुख्यमंत्री ने बाढ़ से जन हानि और अन्य नुकसान की दशा में प्रभावित परिवारों को मुआवजा राशि तत्काल वितरित करने के आदेश दिये हैं प्रदेश में बाढ़ और वर्षा के कारण बड़ी संख्या में जनधन की हानि हुई है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है बलिया में जेल में पानी भर जाने के कारण कैदियों को कई अन्यंत्र जिलों में भेजा गया है वर्षा और बाढ़ के कारण प्रदेश में हजारों हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई और बड़ी संख्या में मकान ध्वस्त हुए हैं

यह प्रदर्शनी अगले वर्ष पांच से आठ फरवरी तक आयोजित होगी

इससे सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा प्रतिष्ठानों और हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों के उत्पादों के बारे में जानकारी के साथ साथ ऑन लाइन सेवाएं भी उपलब्ध रहेंगी प्रदेश में ग्यारह किधानसभा सीटों के लिये इक्कीस अक्टूबर को होने वाले उप चुनाव के लिये कल नामांकन के आखिरी दिन एक सौ इक्कीस पर्चे दाखिल किये गये अब तक क्ल एक सौ पचपन प्रत्याशियों ने नामांकन कराया है सबसे ज्यादा बीस बीस प्रत्याशियों ने गोविन्दनगर और जलालपुर में नामांकन कराये हैं आज नामांकन पर्चो की जांच की जायेगी और तीन अक्टूबर को पर्चे वापस लेने का आखिरी दिन है वोटों की गिनती चौबीस अक्टूबर को की जायेगी लखनऊ कैन्ट विधानसभा सीट के लिये भाजपा के सुरेश तिवारी ने अपना पर्चा दाखिल किया

घोसी सीट के लिये अब तक पन्द्रह नामांकन दाखिल किये गये है प्रदेश की गंगोह रामपुर इगलास लखनऊ केन्टोन्मेंट गोविन्दनगर मानिकपुर प्रतापगढ़ जैदपुर जलालपुर बलहा और घोसी सीटों के लिये उप चुनाव कराये जायेंगे

कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को केन्द्र सरकार के सौ दिन पूरे होने और केंद्र द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी गई कार्यक्रम के जरिए जनता को जम्मू कश्मीर में धारा तीन सौ सत्तर को हटाए जाने के बाद वहां के वास्तविक हालात से लोगो को परिचित कराया गया कार्यक्रम में सांसद लल्लू सिंह और अपर महानिदेशक पत्र सूचना कार्यालय आर पी सरोज उपस्थित थे

न्यायालय द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में इस बात की जानकारी दी गई है न्यायालय में रजिस्ट्रार अतुल श्रीवास्तव ने सूचित किया है कि इस अवकाश के बदले उन्नीस अक्टूबर शनिवार और सात दिसम्बर शनिवार को न्यायालय खुला रहेगा